प्रदेश के उत्तरी भाग में चलने लगी है शीतलहर मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में तापमान में और गिरावट आने की संभावना

यह सत्र तीस दिसंबर तक चलेगा इस दौरान क्ल सात बैठकें होंगी अधिसुचना के मुताबिक इस सत्र में वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हए शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा कोरोना समाचार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर पंचानवे दशमवल पांच एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में उनतीस हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर पंचानवे लाख अस्सी हजार हो गई है वर्तमान में देश में संक्रमण के तीन लाख पांच हजार सक्रिय मामले हैं वहीं कल देर रात तक देश में छब्बीस हजार से अधिक नये पॉजीटिव मरीज मिले हैं मंत्रालय के अनुसार जांच संपर्क और उपचार के तीन स्तरों को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है वर्तमान में देश में मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो दुनिया में सबसे कम है इधर छत्तीसगढ़ में कल एक हजार तीन सौ अड़सठ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई इनमें सबसे अधिक एक सौ चौंसठ मरीज रायपुर जिले में मिले हैं वहीं बिलासपुर में एक सौ तेईस दुर्ग जिले में एक सौ बीस और रायगढ़ में एक सौ पांच मरीज मिले जबकि सबसे कम सुकमा जिले में एक पॉजीटिव मरीज पाया गया है इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या दो लाख छियासठ हजार को पार कर गई है वर्तमान में सत्रह हजार से अधिक कोरोना पॉजीटिव मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है जबकि दो लाख छियालीस हजार से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं इस बीच राजनांदगांव जिले में कोविड नाइंटीन की संभावित वैक्सीन के टीकाकरण के लिए अंतिम तैयारियां शुरू हो गई हैं इसके लिए स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ ही आंगनबाड़ी स्कूलों पंचायत भवनों और इसी तरह के अन्य परिसरों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा टीकाकरण के पहले चरण के लिए लगभग दस हजार डॉक्टर और उनके स्टाफ की सूची तैयार की गई है

आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रथम रायपुर आगमन के शताब्दी वर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण प्रदेश के किसानों का कंडेल नहर सत्याग्रह है उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासियों ने बापू से प्रेरणा लेकर जंगल सत्याग्रह शुरू किया और इस आंदोलन में हजारों नौजवान अपनी नौकरी छोड़कर शामिल हुए हजारों लोगों ने जेल यात्राएं कीं श्री बघेल ने कहा कि अछूतोद्वार की लड़ाई छत्तीसगढ़ से शुरू हई मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ गांधीजी के दिखाए रास्ते पर चल पड़ा है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सुराजी गांव योजना प्रारंभ की है जिससे किसान और गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने दुनिया को दिखा दिया है कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर की बिक्री और वर्मी कम्पोस्ट से लोगों की आय बढ़ी है साथ ही प्रदेश जैविक खेती की ओर अग्रसर हुआ है श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के महापुरूषों के योगदान से नई पीढ़ी को अवगत कराने की आवश्यकता है कार्यक्रम में कुष्ठ सेवा कर्मियों को कुष्ठ उन्मूलन सेवा सम्मान और सफाईकर्मियों को स्वच्छता योद्वा सम्मान से सम्मानित किया गया इस अवसर पर पद्मश्री सम्मान प्राप्त भारती बंधु ने महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तृति भी दी

जो भोथली बलियारा डोंडकी शंकरदाह और हरफतरई गांव होते हुए सेंचुरी गार्डन पहुंची जहां एक सभा का आयोजन किया गया इस अवसर पर ग्रामीणों ने कंडेल नहर सत्याग्रह पर फिल्म निर्माण के साथ ही संग्रहालय की स्थापना किए जाने की मांग की

इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ठाक्र प्यारेलाल छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे वहीं सुश्री उइके ने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी निभाई उन्होंने समाज में छुआछुत की भावना दूर करने और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए मुख्यमंत्री ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन का पुरोधा बताया उन्होंने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल ने अत्याचार और अन्याय के विरोध में हमेशा अपनी आवाज बुलंद की वहीं पंडित सुंदरलाल शर्मा के योगदान को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा कि उन्होंने सामाजिक चेतना की आवाज हर घर तक पहुंचाने का अविस्मरणीय कार्य किया है श्री बघेल ने कहा कि पंडित शर्मा कंडेल सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार थे एमओयू प्रदेश में बीते दो सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए एक सौ तीन एमओयू हुए हैं इनके माध्यम से प्रदेश में बयालीस हजार एक सौ पचपन करोड़ रूपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित है

लिए बासठ हजार से एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार की नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है खनिज आधारित उद्योगों को हर तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है बस्तर संभाग के लिए एक हजार करोड़ रूपये का निवेश प्रोत्साहन दिया जा रहा है निवेशकों को सिर्फ छूट और सुविधा ही नहीं दी जा रही बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि वे प्रदेश में आसानी से उद्योग स्थापित कर सके इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिए भू भाटक में एक प्रतिशत की कमी की गई है साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में दस एकड़ तक आवंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए नियम बनाए गए हैं

कल शाम राजनांदगांव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी से पहले शराब की कालाबाजारी रोकना जरूरी है इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में सरकार सफल भी हुई है उन्होंने कहा कि जांच चौकियों की संख्या बढ़ाकर अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाया जा रहा है श्री लखमा ने कहा कि आबकारी विभाग के साथ पुलिस की टीम भी लगातार अवैध शराब के मामले में कार्रवाई कर रही है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में कई जनहितकारी योजनाएं लागू की हैं

इस दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कबीरधाम जिले के चिल्फी क्षेत्र में जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने जबलपुर से आ रहे एक ट्रक से छह सौ एक बोरी इस तरह कुल दो सौ चालीस क्विंटल धान बरामद किया है इस धान की अनुमानित कीमत करीब तीन लाख रूपये बताई जा रही है गौरतलब है कि इससे पहले चिल्फी थाना के पुलिसकर्मियों ने धान का अवैध परिवहन करने के मामले में तीन ट्रकों से साढ़े दस लाख रूपये कीमत का करीब सात सौ पैंतालीस क्विंटल धान जब्त किया था इधर महासमुंद जिले के भोरिंग और अछोली गांव में अवैध रूप से धान का भंडारण करने वाले तीन लोगों पर कार्रवाई की गई है इनमें से दो लोगों से उनचास कट्टा धान बरामद किया गया है वहीं तरेकेला गांव में सत्तर बोरा धान जब्त किया गया है गौरतलब है कि पिथौरा तहसील के अंतर्गत अवैध धान भंडारण के अब तक ग्यारह मामले सामने आए हैं इनमें करीब दो सौ तीस क्विटल धान की जब्ती की गई है इस बीच राजनांदगांव जिले में सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है संघ के पदाधिकारियों ने धान खरीदी केन्द्रों में धान का उठाव तत्काल नहीं किए जाने पर आगामी तेईस दिसंबर से धान खरीदी बंद करने की चेतावनी दी है वहीं जिला कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया है कि उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव शुरू हो गया है यदि कुछ केन्द्रों में खरीदी अधिक होने से उठाव संबंधी दिक्कतें आ रही हैं तो उसे जल्द ही दूर किया जाएगा साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार करने की बात कहीं समर्पण कार्यक्रम बालोद जिले की पुलिस वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए पुलिस समर्पण नाम का अभियान शुरू करने जा रही है इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी प्रकार की समस्या में पुलिस उनकी मदद करेगी साथ ही किसी भी त्यौहार पर पुलिस उन्हें अपने साथ शामिल कर खुशियां बांटेगी इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र मीणा ने बताया कि जिले के सभी थाने और चौकियों से एक एक अधिकारी को इस अभियान के लिए नामांकित किया गया है उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे वृद्ध जो अपना घर छोड़कर किसी आश्रम में रह रहे हैं उन्हें वापस उनके घर भेजना है श्री मीणा ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिये वरिष्ठ नागरिकों के रहन सहन के अलावा उनकी जरूरत का भी ध्यान रखा जाएगा साथ ही उन्हें कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा हादसा धमतरी जिले में आज हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार रायपुर और महासमुंद के कारोबारी कार में सवार होकर जगदलपुर की ओर जा रहे थे इस दौरान क्रूद थाना के डांडेसरा के पास उनकी कार विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से टकरा गई इस हादसे में दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई दोनों मृतक चाय कारोबारी बताए जाते हैं इधर भिलाई नगर के चंद्रा मौर्या चौक पर आज हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार संयंत्र कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई वहीं रायपुर के सरोरा स्थित एक निजी कंपनी में हुए हादसे में झुलसे दो श्रमिकों में से एक श्रमिक की उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि एक अन्य श्रमिक की स्थिति गंभीर बनी हुई है बताया जाता है कि बीते पंद्रह दिसंबर को काम के दौरान हुए सिलेंडर पाइप में विस्फोट होने से दो श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए थे माओवादी समाचार नारायणपुर जिले के नारायणपुर ओरछा मार्ग पर माओवादियों द्वारा मार्ग अवरूद्ध किए जाने से यातायात बाधित रहा मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने पहाड़ी मंदिर के पास पेड़ काटकर आवागमन बंद कर दिया था साथ ही माओवादियों ने इस मार्ग पर बैनर और पर्चे भी लगा रखे थे बताया जाता है कि यह मार्ग बंद होने से आज नारायणपुर के साप्ताहिक बाजार में ओरछा के ग्रामीण नहीं पहुंच पाए परिचय सम्मेलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सांस्कृतिक पहचान के प्रति निरंतर सजग होने से आर्थिक उन्नति के साथ समाज की दशा भी बेहतर होती है आज दुर्ग जिले में केंद्रीय गोंड महासभा द्वारा आयोजित शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान दिवस और युवक युवती परिचय सम्मेलन के अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की नीति सबका विकास करने की है उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णयों से जनजाति समाज के लोगों को आर्थिक संबल मिला है श्री बघेल ने कहा कि सरकार जनजाति लोगों की शैक्षणिक प्रगति के लिए भी दृढ़ संकल्पित है विकास उपाध्याय नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है इसके साथ ही उन्हें असम का सह प्रभारी बनाया गया है गौरतलब है कि इससे पहले विकास उपाध्याय एनएसयूआई और युवक कांग्रेस में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं विशेष शिविर न्यायालय बिलासपुर के तहसील कार्यालय में राजस्व के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अब प्रशासन ने छुट्टी के दिन ॅविशेष शिविर न्यायालय लगाने का निर्णय लिया है इसके तहत एक सौ उनतीस प्रकरणों की आज सुनवाई के बाद निराकरण किया गया गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है जिसमें कमी लाने के लिए विशेष शिविर न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है मौसम प्रदेश के उत्तरी भाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस गिरकर छह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस पर पहंच गया है वहीं मैनपाट का न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है आज सुबह कई जगहों पर पाला पड़ने की खबर भी है वहीं जांजगीर चांपा जिले में शीतलहर चलने की खबर मिली है मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के कारण आने वाले दो तीन दिनों तक सरगुजा संभाग में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर छाए बादल छंट चुके हैं दिन में तेज धूप पड़ने से मौसम शुष्क बना हुआ है जिसकी वजह से प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है बीते चौबीस घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है

इस बीच कड़ाके की ठंड से बचने लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं

इस तबादले में कोरबा जिला पुलिस के कर्मी भी शामिल है

पुलिस ने आरोपी के पास से सात पाईप के इक्कीस टुकड़े बरामद किए हैं